जावड़ेकर दूरदर्शन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दूरदर्शन की सबसे बड़ी खूबी उसकी विश्वसनीयता है और दूरदर्शन सबसे बड़ा डीटीएच ऑपरेटर है जिसके माध्यम से देशभर में लाखों लोगों तक कार्यक्रम पहुंच रहे हैं आज श्रीनगर में निःशल्क द्रदर्शन डिश सेटटॉप बॉक्स बांटने के लिए आयोजित समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशभर में लगभग हर भाषा के सात सौ से ज्यादा टीवी चैनल काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस समय नौ करोड़ टेलीविजन डीटीएच से जुड़े हैं श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार प्ररे देश में निःशुल्क डीटीएच सेटटॉप बॉक्स बांट रही है प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि समाचार बुलेटिन ऐसी शक्ति है जिससे शत्र् के प्रोपोगंडा से निपटने में मदद मिलती है जीएसटी बैठक वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद ने पंजीकरण के नियमों को सरल बना दिया है जीएसटी के तहत व्यापार के पंजीकरण के लिए अब आधार का उपयोग किया जाएगा पहले लोगों को अनेक दस्तावेज जमा करने होते थे अब आधार के इस्तेमाल से व्यापारियों को अनेक लाभ होंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने परिषद की पैंतीसवीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नई दिल्ली में कहा कि बैठक सौहाईप्रर्ण वातावरण में हुई राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने पत्रकारों को बताया कि जीएसटी परिषद् ने उन इकाइयों पर दर्स प्रतिशत का जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी है जो जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचायेंगे किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के छह करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है किसान परिवारों के बैंक खातों में एक हजार दो सौ तीस करोड़ रूपये की राशि सीधे अंतरित की गई है इस योजना का दायरा बढ़ाकर किसानों की जोत के आकार का ध्यान रखे बिना देश के तमाम किसानों के लिए इसका विस्तार किया गया है राज्यसभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि योजना के अंतर्गत दो करोड़ अतिरिक्त किसानों को योजना का फायदा उपलब्ध कराया जाएगा कृषि ऋण माफ राज्य सरकार ने किसानों से किए गए वायदे के मुताबिक सहकारी बैंकों के अल्पकालीन क्रषि ऋण माफ कर दिए हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किसानों की अल्पकालीन कृषि ऋण माफी का कार्य चल रहा है पिछले वित्त वर्ष में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को दो सौ उनचास करोड़ रूपये जारी किए गए थे चालू वित्तीय वर्ष में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब तक चार सौ इंक्यावन करोड़ रूपए दिए जा चुके हैं इसी तरह राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक बैंकों में किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी के लिए इक्कीस सौ करोड़ रूपए की राशि विमुक्त कर दी गयी है जैपेनिज बुखार निर्देश बस्तर में जैपैनिज इन्सेफेलाइटिस बीमारी के नियंत्रण और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अधिकारियों को बीमारी का फैलाव रोकने और मरीजों के उपचार की बेहतर व्यवस्था करने कहा है अधिकारियों ने बताया कि जगदलपुर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में बुखार से पीड़ित होकर भर्ती हुए तीन बच्चों में एक बच्चे को जैपेनिज इंसेफेलाइटिस पॉजिटिव पाया गया जैबकि दो बच्चों के खून के नमूनों में जैपेनिज इंसेफेलाइटिस नहीं पाया गया जैपेनिज इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं प्रभावित गांव में दवा का छिड़काव किया जा रहा है साथ ही डॉक्टरों की टीम द्वारा सतत निगरानी की जा रही है शिक्षा सत्र पाठ्य सामग्री प्रदेश में नए शिक्षा सत्र से स्कूलों में शैक्षणिक पाट्य सामग्री अब वीडियो ऑडियो पीपीटी और पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध होगी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा यह अभिनव पहल की जा रही है अधिकारियों ने बताया कि सक्रिय पाठय प्रस्तक के लिए नई सूचना तकनीक का उपयोग किया जा रहा है प्रदेश में हिन्दी माध्यम की कक्षा पहली से दसवीं तक विभिन्न विषयों की सड़सठ किताबें तैयार कर इनकी दो करोड़ तिरासी लाख से अधिक प्रतियां विद्यार्थियों तक पहुंचाई गई हैं इन प्रस्तकों में तीन हजार चालीस क्यूआर कोड अंकित किए गए हैं इससे विभिन्न पाठ्य सामग्रियों के वीडियो ऑडियो पीपीटी और पीडीएफ के रूप में रोचक सामग्री प्रस्तुत की गई है यह पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए उपयोग होगी मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन कर संबंधित पाठ और अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है

वहीं मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों के आश्रम छात्रावासों में मेडीकेटेड मच्छरदानी और मलेरिया किट की व्यवस्था की जाएगी स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए श्री टेकाम ने कहा कि स्वास्थ्य के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह में दो बार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराया जाना चाहिए उन्होंने अधिकारियों को छात्रावासों का निरंतर भ्रमण और छात्रवृत्ति वितरण का भौतिक सत्यापन करने के भी निर्देश दिए स्कूल शिक्षा मंत्री ने छात्रावास और आश्रमों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर बनाने कहा साथ ही कक्षा नवमी से बारहवीं तक के बच्चों को विशेष कोचिंग देने पर भी जोर दिया आपदा बैठक प्रदेश में बाढ़ अतिवृष्टि और अन्य नैसर्गिक विपत्तियों से निपटने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने रायपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए मुख्य सचिव ने पिछले वर्षों में बाढ़ की स्थिति के दौरान राहत और बचाव कार्य में आई बाधाओं या कमियों को ध्यान में रखकर आपदा प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार करने को कहा उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर सतत् निगरानी रखने के भी निर्देश दिए बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है राज्य के किसी भी क्षेत्र में बाढ़ या आपदा की स्थिति में टेलीफोन नंबर शून्य सात सात एक दो दो दो तीन चार सात एक के अलावा फैक्स या ई मेल के माध्यम से सूचना दी जा सकती है ट्रेन रद्द ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेलमंडल के लखना नुआपाड़ा मार्ग रेलवे स्टेशनों के बीच दोहरीकरण और यार्ड रिमोडलिंग का काम दो जुलाई तक किया जाएगा इस दौरान इस मार्ग पर कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा मिली जानकारी के मुताबिक द्र्ग विशाखापटनम द्र्ग पैसेंजर रायपूर जूनागढ़ रोड पैंसेजर जूनागढ़ रोड रायपुर पैसेंजर टिटलागढ़ रायपुर पैसेंजर और रायपुर टिटलागढ़ पैसेंजर रद्द रहेगी इसी तरह कुछ अन्य गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित रहेगी जिले की चिट्ठी आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में कोरिया जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी एंबुलेंस सेवा शुभारंभ जगदलपुर से विशाखापट्नम के बीच चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एंबुलेंस सेवा की शुरूआत की गई है यह एंब्लेंस जगदलपुर के जरूरतमंद मरीजों को रियायत दर पर विशाखापट्नम के अपोलो अस्पताल तक पहुंचाने का काम करेगा अपोलो अस्पताल विशाखापट्नम के प्रमुख डॉक्टर एस सामी ने बताया कि यह एंबुलेंस चिकित्सा और तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित है इसमें प्रशिक्षित टीम और तकनीशियन भी तैनात रहेंगे मौसम प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के साथ ही अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के समाचार मिले हैं इसके साथ ही लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है इस बीच मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई बारिश के कारण सभी संभागों में तापमान में गिरावट आई है प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया है संक्षिप्त समाचार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया इस दौरान वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सरपंचों को लिखी गई चिट्टी का वाचन किया गया श्रम विभाग ने निरीक्षण के दौरान छब्बीस बाल मजदूर पाए जाने के मामले में राजधानी रायपूर के आमासिवनी स्थित एक बिस्किट कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए विधानसभा थाना के प्रभारी को पत्र लिखा है पशुओं को खुरहा चपका संक्रमण के बचाने के लिए आगामी एक जुलाई से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा